पीएम जन आंदोलन अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्वीटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का शुभारम्भ किया आने वाले त्योहारों और सर्दियों के अलावा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगाने हाथों की साफ सफाई रखने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है श्री मोदी ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाये रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा

वहीं सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे अधिकारियों को शपथ दिलाई इसी कड़ी में रायपुर रेलमंडल में भी कोरोना संक्रमण से बचाव की शपथ दिलाई गई इस दौरान सभी शाखा अधिकारियों विभागों के कर्मचारियों और स्टेशन डायरेक्टरों के अलावा स्टेशन प्रबंधकों ने कोरोना से बचाव की शपथ ली गौरतलब है कि आने वाले त्यौहारों में स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना के चलते रेल विभाग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अभियान चला रहा है आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र में भी आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव और सावधानी रखने की शपथ ली क्वारेंटीन बाध्यता राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए क्वॅरेंटीन की बाध्यता को समाप्त कर दिया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि नोबेल कोरोनावायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए यात्रियों के लिए जारी एसओपी में स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य सावधानियों के विषय में पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे इस बीच राज्य मंत्रिमंडल ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले वृहद कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं करने का निर्णय लिया गया है इस दौरान केवल राज्य अलंकरण समारोह मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया जाएगा कोरोना संक्रमण काल की अवधि में एक तरफ जहां कई व्यवसायों पर असर पड़ा है वहीं इससे वकालत का पेशा भी प्रभावित हुआ है जिसके चलते कई अधिवक्ताओं को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस संबंध में आज विधि और विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति की बैठक हुई इस बैठक में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया पीएससी मुख्य परीक्षा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के आयोजन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है यह परीक्षा अट्ठारह अक्टूबर से होने वाली थी मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में कुछ सवालों और उनके उत्तरों पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रकरण के निराकरण तक फिलहाल मुख्य परीक्षा को स्थगित रखे जाने का आदेश दिया है गौरतलब है कि अट्ठारह से इक्कीस अक्टूबर तक होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए रायपुर दुर्ग भिलाई बिलासपुर अंबिकापुर और जगदलपुर में कोन्द्र बनाए गए थे वहीं इस परीक्षा के लिए आज से प्रवेश पत्र भी जारी किया जाना था राज्य मंत्रिमंडल बैठक राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में प्रदेश में यात्री वाहनों के सितंबर और अक्टूबर महीने के देय मासिक करों में शर्तो के अधीन छूट देने का निर्णय लिया गया है इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं को अब रियायती दर पर साढ़े सात हजार वर्गफीट तक जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है पहले यह सीमा पांच हजार वर्गफीट थी मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक नीति दो हजार उन्नीस चौबीस में संशोधन करने की अनुमति भी दी गई है इसके तहत सूक्ष्म उद्योगों के साथ लघु और मध्यम उद्योगों को भी स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा मिलेगी बैठक में राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना की सभी चार योजनाएं इकतीस अक्टूबर दो हजार चौबीस तक लागू करने और राज्य स्तरीय अपीलीय फोरम के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है

इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलट के माध्यम से मताधिकार की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी इस प्रक्रिया में होम आइसोलेशन और अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को पोस्टल बैलेट का आवेदन फार्म बारह डी में उपलब्ध कराकर पोस्टल बैलेट जारी किया जाएगा यह सुविधा अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को भी दी जाएगी इस बीच राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पहुंचकर उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने गौरेला में मतदान दलों के लिए आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी अवलोकन किया इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान दलों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की शपथ दिलाई वहीं केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण के दौरान हो रहे चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है इसके अनुसार मरवाही उपचुनाव के लिए अब किसी भी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल द्वारा तीस से अधिक स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे इससे पहले यह संख्या चालीस रखी गई थी वहीं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ पन्द्रह स्टार प्रचारक ही प्रचार अभियान में भाग ले सकेंगे भाजपा धरना प्रदेश में एक नवंबर से धान खरीदी करने और प्रति एकड़ बीस क्विंटल धान खरीदने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से बीते दो साल का बोनस और बीते साल खरीदे गए धान के अंतर की राशि एकमुश्त किसानों को दिए जाने की मांग की बाद में पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और स्थानीय एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा इस बीच भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ख्बचंद पारख ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के समुचित विकास और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं माओवादी घटना सुकमा जिले में अंतिम संस्कार में पहुंचे जवानों पर माओवादियों द्वारा हमला किए जाने की खबर है मिली जानकारी के अनुसार एर्राबोर थाना क्षेत्र के कोंगड़म गांव में पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे जवानों पर माओवादियों ने हमला किया जवानों के द्वारा जवाबी कार्रवाई में माओवादी जंगल की ओर भाग गए इस दौरान जवानों ने माओवादियों के कब्जे से देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है हमले में जवानों को हल्की चोटें आई हैं महिला कमांडो चर्चा राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक को निष्क्रिय करने वाली महिला कमांडों लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी से बातचीत कर उनके कार्य की सराहना की है मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और पैरा मिलिट्री बल के जवान माओवादी मोर्चे पर जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे जल्द ही बस्तर क्षेत्र में माओवादी समस्या के उन्मूलन में सफलता मिलेगी गौरतलब है कि दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण क्षेत्र के सूरनार टेटेम मार्ग पर माओवादियों द्वारा दस किलो का विस्फोटक लगाया गया था जिसे डीआरजी टीम की महिला कमांडों लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी ने निष्क्रिय कर दिया था बीएसपी हादसा दुर्ग जिले के भिलाई इस्पात संयंत्र में बीती रात कोक ओवन बैटरी की पीछे की दो गैलरियां गिरने की घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं मिली जानकरी के अनुसार कोक ओवन बैटरी नंबर नौ के पीछे की दो गैलेरियां क्षतिग्रस्त होकर गिर गई इन दोनों गैलेरी के गिर जाने के कारण ब्लॉस्ट फर्नेस में कोक आपूर्ति का कार्य प्रभावित हुआ है वहीं प्रबंधन ने मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है जिसके जल्द पूरा होने की संभावना है साथ ही उत्पादन प्रभावित न हो इसके लिए विकल्प की व्यवस्था की जा रही है बारिश फसल खराब राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले तीन दिनों में हुई बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचने की खबर है कुछ जिलों में धान की फसल खेतों में गिर गई है वहीं कई जगहों पर खेतों में पानी भरने से फसलों के डूबने के समाचार मिले हैं बालोद जिले के संवाददाता ने बताया कि ग्रामीण अंचलों में कुछ किसानों ने धान कटाई शुरू कर दी थी लेकिन बारिश के कारण फसल भीग गई है इसके अलावा तेज बारिश और हवा से सब्जी की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है जिले के मेढ़की बधमरा ओरमा और नयापारा गांव के सड़क किनारे लगी धान की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है इधर महासमुंद जिले में भी हुई बारिश के कारण फसलों के खराब होने की खबर है वहीं कृषि विभाग के सहायक संचालक ने किसानों को धान फसल की कटाई कुछ दिनों तक रोकने और मौसम साफ होने का इंतजार करने की सलाह दी है इस बीच प्रदेश के कृषि विभाग ने धान की फसल को माहों कीट से बचाने के लिए किसानों को निर्धारित मात्रा में अनुशंसित दवाओं का छिड़काव करने की सलाह दी है मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है जिसके असर से प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है वहीं प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है

राज्यपाल अनसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है

साथ ही उन्होंने चक्रधर नगर में नव निर्मित थाना भवन का ऑनलाइन लोकार्पण भी किया

उम्मीदवार बारह अक्टूबर तक ऑनलाइन दावा आपत्ति कर सकते हैं